उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए राज्य सरकार हर सम्भव कोशिश कर रही है इसमें प्राइवेट चिकित्सा संस्थानों का सहयोग बहत जरूरी है

यहां के चिकित्सकों को कोरोना के इलाज में नियुक्त किया गया है इससे अन्य निजी अस्पतालों की जिम्मेदारी बढ़ गई है मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार निजी चिकित्सा संस्थानो को हर प्रकार की सहायता देगी म्ख्यमंत्री ने प्लिस प्रशासन के अधिकारियों को भी निजी अस्पतालों में ओपीडी की व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग करने के निर्देश दिये

हालांकि रसद आपूर्ति करने वाले वाहनों को आने जाने की छूट दी गई है पौड़ी जिला प्रशासन जनपद की सीमा में आने वाले खादयान्नों के वाहनों को सैनेटाइज कर रहा है इसके साथ ही जिन खाद्यान्नों की आपूर्ति की जा रही है उनकी भी बाकायदा जांच हो रही है ताकि जनता को सड़े गले सामान की आपूर्ति न हो आवश्यक वस्त्ओं की कालाबाजारी को रोकने के लिए द्कानों में सामान की मूल्य सूची टांगी गई है

ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क और दवाइयों की आपूर्ति जा रही है इसके लिए स्वयं सहायता समूह का भी सहयोग लिया जा रहा है इसके अलावा सरकारी सस्ते गल्ले की द्कानों में तीन महीने के राशन का वितरण श्रू हो गया है लोग एकदूसरे से उचित दूरी बनाकर दुकानों से राशन ले जा रहे हैं जिला आपूर्ति अधिकारी मुकेश क्मार ने बताया कि जिन डीलरों ने राशन नहीं उठाया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

डिप्टी सीएमओ एलडी सेमवाल ने बताया कि जिला अस्पताल बौराड़ी से एक सैंपल जांच के लिए हल्द्वानी भेजा गया था जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव है उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचने का एकमात्र तरीका सोशल डिस्टेंसिंग ही है

जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान म्ख्य पश् चिकित्सा अधिकारी को शहर के बेसहारा और आवारा पश्ओं के लिए चारा पानी की व्यवस्था के निर्देश दिये गये थे मुख्य पश् चिकित्सा अधिकारी दवारा ने अनेक स्थानों पर चारे पानी की व्यवस्था की गयी हैं जिलाधिकारी ने नगर के लोगों से भी अपील की है कि वे आसपाल घूम रहे बेसहारा पश्ओं को चारा पानी आदि दे कोरोना चंपावत शिक्षा मंत्री और चंपावत पिथौरागढ़ के प्रभारी मंत्री अरविंद पाण्डेय ने कहा है कि लॉकडाउन में फंसे यात्रियों के लिए अब स्कूलों की भोजनमाताएं खाना बनाएंगी चंपावत जिला म्ख्यालय पहंचे श्री पांडेय ने कहा कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए तभी लॉकडाउन का मकसद प्रा हो पायेगा उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी भोजन पकाने की नौबत आई तो जिन विद्यालयों में मिड डे मील बनता है वहां की भोजन माताओं से भोजन तैयार कर प्रभावितों को उपलब्ध कराया जाएगा इस बीच कोरोना वायरस से लड़ाई में विभिन्न संगठन संस्थाएं और आमजन भी सरकार और प्रशासन का साथ दे रही हैं चम्पावत जिले के प्रतिष्ठित व्यवसायियों और अन्य लोगों ने अपने हॉस्पिटल होटल और गाड़ियां कोरोना के आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन को देने की घोषणा की है इसके साथ ही दिहाड़ी मजदूरों और असहाय लोगो के खाने और रहने की व्यवस्था के लिए भी लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया है जिले के लोहाघाट के नगर पंचायत अध्यक्ष गोविन्द वर्मा ने बताया लॉकडाउन के दौरन रास्ते मे फंसे विभिन्न प्रदेशों के मजद्रों के भोजन और रहने की व्यवस्था नगर पंचायत दवारा की गई है साथ ही इन लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वे जहां हैं वहीं रहें

जिला प्रशासन ने एहतियातन यह कदम उठाया है उधर प्रभारी मंत्री यशपाल आर्य ने प्लिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की बैठक में श्री आर्य ने बाहर से आने वालों का अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन कराने के निर्देश दिये उन्होंने गांवों में बाहर से आने वालों को चिह्नित कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण करने औऱ डाटा तैयार करने के निर्देश दिये

उन्होंने डॉक्टरों को अपनी क्लीनिक चालू रखने के साथ ही फ्लू के मरीजों को मुफ्त चिकित्सा देने के निर्देश दिये हैं पिथौरागढ़ में बाहर से आने जाने वालों पर प्री तरह रोक है हमारे प्रतिनिधि के अन्सार नेपाल के प्रवासी लोगों को लॉकडाउन के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है केंद्र कोरोना केंद्र सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि देश के किसी भी कोने में विमान से चिकित्सा सामग्री की माल ढ्लाई में कोई दिक्कत पेश न आये

राज्यों की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी आपूर्ति एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहे हैं ताकि ज़रूरत वाली जगह पर सामान पहंचाया जा सके चिकित्सा सामग्री को समय पर उपलब्ध कराने के लिए सूचना साझा करने और सवालों के जवाब देने का काम चौबीसों घंटे जारी है

राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि पूर्णबंदी के दौरान अखबारों की डिलीवरी की अन्मति दी गई है उन्होंने कहा कि दूध संग्रह और वितरण की श्रंखला की आपूर्ति भी पूरी तरह से मुक्त है इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सभी बैंको से अपनी शाखाओं को ख्ले रखने और एटीएम भरे रहने को स्निश्चित कराने को कहा है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि स्रक्षित द्री का अन्पालन किया जा रहा है और सेनिटाइजर उपलब्ध कराए जा रहे हैं राज्यपाल राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राज्य के तीन अस्पतालों में कोरोना वायरस की जांच और उपचार को लेकर व्यवस्थाओं की जानकारी ली

उन्होंने सभी डाक्टरों नर्सिंग स्टाफ़ और पैरामेडिकल स्टाफ़ का उत्साहवर्द्वन करते हए कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में उनका योगदान अमूल्य है उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग चाहिए

यम्ना जयंती के मौके पर आज उत्तरकाशी में यम्नोत्री धाम के कपाट खोलने का मुहूर्त तय किया गया मां यम्ना के मायके खरसाली गांव में मुहूर्त निकाला गया इसी दिन गंगोत्री धाम के कपाट भी ख्लेंगे